जबकि कोरोना संक्रमण के कारण सात लोगों की मौत हुई है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि राज्य में खनन के अलावा अन्य क्षेत्रों में रोजगार सुजन पर सरकार का विशेष जोर है झारखंड के डीजीपी एमवी राव ने कहा कि राज्य में दुष्कर्म की घटना रोकने के लिए पुलिस लगातार प्रयास कर रही है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

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं के मंत्र का पूरी तरह पालन करना आवश्यक है उन्होंने कहा कि लॉकडाउन खत्म हो गया है और आर्थिक गतिविधियां धीरे धीरे फिर शुरू हो रही हैं

पिछले सात महीनों में सातवीं बार राष्ट्र के संबोधन में श्री मोदी ने कहा कि जनता कर्फयू से लेकर आज तक कोरोना से लड़ाई में भारत लंबा सफर तय कर चुका है उन्होंने कहा कि महामारी की वैक्सीन बनने तक यह लड़ाई कमजोर नहीं पड़नी चाहिए प्रधानमंत्री ने लोगों को याद दिलाया कि लॉकडाउन भले ही खत्म हो गया लेकिन वायरस अभी तक नहीं गया है समय के साथ आर्थिक गतिविधियों में भी धीरे धीरे तेजी नजर आ रही है हम में से अधिकांश लोग अपनी जिम्मेदारियों को निभाने के लिए फिर से जीवन को गति देने के लिए रोज घरों से बाहर निकल रहे हैं त्योहारों के इस मौसम में बाजारों में भी रौनक धीरे धीरे लौट रही है लेकिन हमें ये भूलना नहीं है कि लॉकडाउन भले चला गया हो वायरस नहीं गया है

आज पुलिस स्मृति दिवस मनाया जा रहा है

इस अचानक हमले और प्रतिकूल परिस्थितियों में भी भारतीय जवानों ने बड़ी संख्या में भारी हथियारों के साथ आए चीनी सैनिकों का बहाद्री से मुकाबला किया

गृहमंत्री अमित शाह आज सवेरे नई दिल्ली में राष्ट्रीय पुलिस स्मारक पर शहीद पुलिसकर्मियों को श्रद्वांजलि देंगे झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और वित्तमंत्री डॉ रामेश्वर उरांव आज तीन दिवसीय दुमका दौरे पर जा रहे है उनके साथ राज्य के कृषिमंत्री बादल पत्रलेख भी दुमका जाएंगे पार्टी के प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष आलोक कुमार दूबे ने बताया कि दुमका विधानसभा उपचुनाव में गठबंधन में सहयोगी दल झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रत्याशी बसंत सोरेन के पक्ष में प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर डॉ रामेश्वर उरांव और कृषिमंत्री बादल तीन दिनों तक उपराजधानी में प्रवास कर विभिन्न चुनावी कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे पिछले चौबीस घंटों के दौरान राज्य में पांच सौ बयालीस कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं जबकि कोरोना संकमण के कारण सात लोगों की मौत हुई है मृतकों में बोकारो देवघर पूर्वी सिंहभूम जमशेदपुरखूंटी सरायकेला से एक एक और रांची से दो मरीज शामिल हैं वहीं राज्य में अच्छी खबर यह है कि छह सौ पांच कोरोना मरीज स्वस्थ हुए हैं स्वास्थ्य विभाग के अनुसार रांची से एक सौ छियानबे बोकारो से बयालीस चतरा से दो देवघर से आठ धनबाद से उनहत्तर द्मका से तीन पूर्वी सिंहभूम जमशेदपुर से इक्कीस गढ़वा से छह गिरिडीह से दो गोड्डा से चार गुमला से पंद्रह हजारीबाग से छह जामताड़ा से तीन खूंटी से आठ कोडरमा से पांच लातेहार से तीन लोहरदगा से पांच पाकुड़ से तीन पलामू से सैंतालीस रामगढ़ से पंद्रह साहेबगंज से बारह सराईकेला से सत्रह सिमडेगा से छह पश्चिमी सिंहभूम चाईबासा से चौवालीस मरीज मिले हैं

राज्य में अब छह हजार एक सौ अस्सी सक्रिय केस हैं वहीं नब्बे हजार तीन सौ पचासी मरीज ठीक हुए हैं राज्य में अब तक आठ सौ उनचास लोगों की मौत कोरोना से हुई है

आवंटन का पचास फीसदी राशि आवश्यकता के अनुसार आधारभूत संरचना पर तथा शेष पचास फीसद पेयजल व स्वच्छता पर खर्च करने का निर्णय लिया गया है

श्री निशंक ने वीडियो कॉन्फ्रेसिंग माध्याम से आज तमिलनाड के राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान एनआईटी त्रिची के केमिकल इंजीनियरिंग विभाग के भवन के उद्घाटन संबोधन में यह बात कही श्री पोखरियाल ने केन्द्र सरकार की उन्नत भारत योजना के तहत एनआईटी त्रिची के प्रयासों की सराहना की केंद्र सरकार ने शिक्षक बनने के इच्छुक के लिए हर सात साल में शिक्षक अर्हता परीक्षा टीईटी पास करने की बाध्यता खत्म कर दी है सरकार ने एक बार टीईटी पास करने पर जीवन भर के लिए इसे मान्यता देने की अनुमति दे दी है यह व्यवस्था देशभर में लागू होगी नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजूकेशन एनसीटीई के चेयरमेन विनीत जोशी ने कहा कि टीईटी को अब जीवनभर के लिए मान्य दिया गया है अब नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट नेट की तर्ज पर टेट की परीक्षाकी परीक्षा आयोजित की जाएगी

इसके लिए अलग अलग माध्यमों से ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार देने के लिए चरण बद्ध तरीके से सरकार आगे बढ़ रही है मुख्यमंत्री ने कल तमिलनाड से मुक्त करायी गयी झारखंड की बाईस लड़कियों को रांची जिले में आयोजित कार्यक्रम के दौरान नियुक्ति पत्र सौंपा इस मौके पर उन्होंने कहा कि आनेवाले कुछ दिनों में टेक्सटाईल के क्षेत्र में आठ हजार लोगों को रोजगार देने का लक्ष्य है श्री सोरेन ने कहा कि कोरोन संकट में भी ज्यादा से ज्यादा रोजगार सुजन का काम सरकार के स्तर पर किया जा रहा है इसके तहत मनरेगा की तीन बड़ी योजना के अलावा शहरी मजदूरों के लिए मुख्यमंत्री शहरी श्रमिक योजना शुरू की गई है

झारखंड के डीजीपी एमवी राव ने कहा कि राज्य में दुष्कर्म की घटना रोकने के लिए पुलिस लगातार प्रयास कर रही है उन्होंने कहा कि सिर्फ पुलिस राज्य में बढ़ते दुष्कर्म के मामलों को नहीं रोक सकती समाज की सहभागिता से ही दुष्कर्म की घटनाओं पर नियंत्रण हो सकता है

डीजीपी ने राज्य में बढ़ रहे अपराध और पुलिस की सफलता के बारे में बताया उन्होंने राज्य में हो रहे दुष्कर्म के मामले में चिंता जताई और कहा कि पुलिस चोरी डकैती मारपीट जैसे अन्य अपराध रोक सकते हैं पर दुष्कर्म की घटना को पुलिस रोकने में सफल नहीं हो सकती इसे रोकने के लिए माता पिता समाज गांव शहर के सभी लोगों को मिलकर काम करना होगा सबसे ज्यादा ध्यान बच्चों के माता पिता को देना होगा माता पिता की ओर से दी गई शिक्षा ही बच्चों को अच्छे और बुरे काम के लिए प्रेरित करती है इसके लिए पुलिस भी अपना सहयोग करेगी

उन्होंने बताया कि चुनिंदा पुलिसकर्मी स्कूल द्वारा दिए जा रहे ऑनलाइन क्लास में शामिल होंगे केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड राजस्व विभाग वित्त मंत्रालय की दो हजार आठ बैच की अधिकारी राखी निशा उरांव को कृषि निदेशक बनाया गया है राज्य गठन के बाद पहली बार किसी राजस्व अधिकारी को यह पद दिया गया है झारखंड राज्य डिप्लोमा प्रशिक्षण संघ के अध्यक्ष मनोहर तोपनो ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखकर खेल प्रशिक्षकों की नियुक्ति को नियमित करने का आग्रह किया है उन्होंने कहा कि झारखंड ने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कई खिलाड़ी दिये हैं यहां के बच्चों में खेल प्रतिभा काफी ज्यादा है लेकिन प्रशिक्षकों की कमी के कारण उनका पूर्ण विकास नहीं हो पा रहा है

जारी आदेश में उन्होंने कहा है कि एक कर्मचारी के पॉजिटिव पाए जाने के बाद सभी न्यायिक पदाधिकारी व कर्मियों सहित वकीलों एवं मुवक्किलों के भी संक्रमित होने की संभावना उत्पन्न हो गई है रांची के अरगोड़ा थाना क्षेत्र से ब्राउन शुगर बेचने के मामले में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है गिरफ्तार व्यक्ति के पास से ग्यारह पुड़िया ब्राउन शुगर बरामद किया गया है

उन्होंने सभी प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी को निर्देशित किया है कि विभागीय एवं निदेशालय स्तर से आधार सीडिंग कार्य की प्रतिदिन समीक्षा की जा रही है

वहीं हिन्दुस्तान ने राज्य में महिला सुरक्षा के प्रति पुलिस की तैयारियों वाली खबर जिसका शीर्षक छात्राओं को आत्मरक्षा की ट्रेनिंग मिलेगी खबर को पहले पन्ने पर स्थान दिया है दैनिक भास्कर ने सरना धर्म कोड की मांग को लेकर आदिवासी समुदाय द्वारा रांची में सोशल डिस्टेंसिंग को पालन करते हुए निकाली गई रैली वाली खबर को पहले पन्ने पर प्रमुखता से छापा है प्रभात खबर ने प्रधानमंत्री की अपील लॉकडाउन गया है कोरोना नहीं लापरवाही नहीं बरतें वाली खबर को अखबार को लीड बनाया है दैनिक जागरण ने सिर्फ पुलिस के बूते नहीं है बच्चियों की सुरक्षा शीर्षक से पहले पत्रे पर महिला सुरक्षा पर डीजीपी एमवी राव की टिप्पणी को प्रमुखता से छापा है रांची में आनेवाली उद्योगों को सरकार को सहयोग मिलेगा खबर को रांची एक्सप्रेस ने पहले पन्ने पर स्थान दिया है अंग्रेजी दैनिक हिंदुस्तान टाइम्स ने प्रधानमंत्री द्वारा देश के लोगों से लापरवाही नहीं बरतने की खबर को प्रमुखता से छापा है वहीं अंग्रेजी दैनिक द टाइम्स ऑफ इंडिया ने भी प्रधानमंत्री की अपील को पहले पत्रे पर जगह दी है